अभिनंदन भारत भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत से रिहाई के बाद कल रात स्वदेश आ गए हैं

विमान के क्षतिग्रस्त होने पर वह पैराशूट से उतरते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपके अनुकरणीय साहस पर गर्व है

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी ट्वीट कर अभिनंदन को बधाई दी उन्होंने ट्वीट किया मध्यप्रदेश के नागरिको की ओर से अभिनंदन के अदम्य साहस का अभिनंदन हमारे जवानों पर हम गर्व करते है

स्मार्ट इंडिया हैकाथन देश के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए नए और बाधक डिजिटल टेक्नॉलोजी नवाचार की पहचान करने की एक अनूठी पहल है यह एक निरन्तर डिजिटल उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा है जिसमें नवाचार आधारित समाधान के लिए प्रौद्योगिकी की विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं

विमोचन कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित होगा और वित्त मंत्री अरुण जेटली पुस्तक का विमोचन करेंगे इस किताब में केवल रेडियो पर मोदी द्वारा कहे गए शब्द नहीं होंगे बल्कि श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं भी शामिल की गई हैं जिसका प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में उल्लेख नहीं किया था यह किताब पाठकों को मोदी की सोच और विश्वास के अनकहे पहलुओं को जानने का एक दुर्लभ अवसर मुहैया कराएगी

श्री मोदी के मालवा निमाड़ में आमसभा की तैयारियों को लेकर रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने इंदौर में विभिन्न जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की

इसका शुभारंभ उमरिया से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे

भिंड मुरैना जिलों में सीसीटीवी कैमरों से बेवकास्टिंग की जायेगी मंडल द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार सभी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक हैं

श्रीमती महाजन ने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है इस क्रांति का रचनात्मक उपयोग जरूरी है

पार्क के लिये टेंडर हो चुके हैं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनायेगा अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण मध्यप्रदेष में सर्दी जारी रही मौसम विभाग ने भोपाल और उसके आसपास के कई जिलों में बारिष और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है